वित्तमंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और यूवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया उन्होंने कहा कि बजट के तीन प्रमुख भाग हैं पहला आकांक्षी भारत यानि शिक्षा स्वास्थ्य आर रोजगार क्षेत्र पर विशेष ध्यान दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा संरक्षित समाज केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्थाओं की घोषणा की गई है

निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा इसके बाद ढांचागत बदलाव हुआ है

वित्त मंत्री ने सस्ती दरों पर दवाईं यां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिला में जनऔषधि केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव किया है

देश में एक सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सम्पन्नता और खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जो अन्य घोषणाएं की हैं उनमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाना भी शामिल है

वित्त मंत्री ने कहा कि आरोग्य जल और स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण है

पीपीपी मॉडल के तहत अस्पताओं की स्थापना का भी प्रस्ताव है

युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को विकासोन्मुखी करार दिया है उन्होंने कहा कि यह बजट किसान और युवकों को रोजगार प्रदान करने सहित अन्य वर्गो के प्रति नये आयाम स्थापित करेगा बाइट यह बजट देश के ब्रनियादी ढांचा का विकास के साथ ही किसानों के उन्नयन के लिये नौजवानों के रोजगार के लिये देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरी के लिये एक मिल का पत्थर साबित होगा देश की वत्तमान आवश्यकता के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला प्रत्येक नागरिक के आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा

यह जो संकल्प प्रधानमंी जी का है उस संकल्प को पूरा होते हुए इस बजट के माध्यम से देख रहा हूं मैं बहुत बधाई देता हूं वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को पिछले एक दशक में सबसे खराब बजट करार दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है बागपत में सेवानिवृत्त प्रोफेसर आरएन गर्ग ने कहा कि इस बजट को पूंजी निर्माण के लिये बेहतर बताया है बाइट बजट से ऐसा लग रहा है कि उस बजट से पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी रोजगार में वृद्धि होगी किसानों को लाभ होगा साथ साथ ऐसा भी लगता है कि किसानों के लिये एक जो नई योजना प्रारम्भ की जा रही है स्टार्टअप उद्योग के लिये तो ऐसी स्थिति में किसानों को लाभ होगा वाराणसी में टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इससे पर्यटन उद्योग में खासा उत्साह है

यह भी पर्यटन उद्योग इससे काफी उत्साहित है साथ में उड़ान योजना हो या अन्य योजनाओं मे पर्यटन को एक विशेष जगह दी गई है इस बजट में अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके भाषण से इससे पर्यटन उद्योग को काफी बल मिलेगा पीलीभीत जिले के प्रगतिशील कृषक लक्ष्मण प्रसाद ने बजट को किसानों के हित में बताया मोदी सरकार का आज का बजट किसानों को समर्पित बजट है जिसमें किसानों का काफी ध्यान रखा गया है जैसे कुसुम पीएम योजना के तहत सस्ते सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों की जो जल्दी कृषि व्यवस्था खराब होने वाली वस्तुएं हैं उसके लिए ट्रेन चलाने की व्यवस्था पहली बार किसी सरकार ने की है वहीं मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर को देश के पांच प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल किये जाने स जिले में खुशी की लहर है

श्री योगी ने कल लखनऊ में डिफेंस एक्सपो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता के लिये सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें मुख्यमंत्री ने लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शनी स्थल और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ प्ररे शहर में स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें उन्होंने नगर में लगाई गई होर्डिंग्स को भी तरतीब से लगाने के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है श्री योगी ने रक्षा प्रदर्शनी के दौरान शहर में यातायात और खासतौर पर रक्षा प्रदर्शनी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया है इसके अलावा सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से लगने वाले ठेलों को हटाने तथा अग्निशमन के फायर टेन्डर्स तैनात करने के भी निर्देश जारी किये हैं

शामली मेंएक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से तीन महिलाओं सहित पांच लागों की मौत हो गई कांधला शामली रोड पर चल रही इस लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में कल शाम उस समय विस्फोट हो गया जब यह सभी मृतक पटाखे बना रहे थे पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि विस्फोट में मरने वालों में फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है